ये राशि पिछले साल बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी की गई है गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया

मौसम प्रदेश के अधिक उंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा से समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू चंबा और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर आज भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि आशीष शर्मा ने बताया है कि पलचान व सोलंग नाला के बीच बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को स्थानीय टैक्सी यूनियन की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है वहीं आनी बंजार मार्ग जलोड़ी जोत पर हुई बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है इधर कुफरी व नारकंडा में बर्फबारी की वजह से रामपुर के लिए बसों को वाया बसन्तपुर भेजा जा रहा है

कार्निवाल मनाली में आयोजित पांच दिवसीय विंटर कार्निवाल कल विंटर क्वीन चूनने की प्रक्रिया के साथ ही संपन्न हो गया देर रात तक चली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मंडी की गुंजन सकलानी ने विंटर क्वीन का खिताब अपने नाम किया जबकि शिमला की आरुषी दूसरे और हमीरपुर की शांभवी तीसरे स्थान पर रही सहारा योजना चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा योजना की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहंचाने में आशा वर्कर और पंचायत प्रधानों का अहम योगदान है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है ताजा बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात समूचा प्रदेश प्रचंड शीतलहर की चपेट में

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी से शीतलहर तेज आज भारी हिमपात का अलर्ट जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है बारिश बर्फबारी से शीतलहर के आगोश में प्रदेश कई क्षेत्रों का तापमान माइनस में जनजीवन अस्त व्यस्त हिमाचल में पूर्णतया बंद होगी आऊटसोर्स नीति शीर्षक से पंजाब केसरी ने आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह के हवाले से लिखा है मजद्रों व कर्मचारियों के शोषण का माध्यम बन चुकी है आऊट सोर्स नीति

विधानसभा सत्र पर पंजाब केसरी का शीर्षक है राज्यपाल के अभिभाषण से आज श्रू होगा हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र हिमाचल दस्तक लिखता है एससी एसटी आरक्षण बढ़ाने को विधानसभा का विशेष सत्र आज दैनिक जागरण ने लिखा है योजनाओं नीतियों में भागीदार होगी जनता जन्मदिवस पर जयराम ठाकुर ने लांच किया मॉयगोव वेब पोर्टल व सीएम एप